बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने बटन दबाकर अठारह हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि करीब नौ करोड़ किसानों के खातों में अंतरित की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छह राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अठारह हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि नौ करोड़ किसान परिवारों के खातों में सीधे भेज दी गई है उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से एक लाख दस हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं बाईट पीएम जब से ये योजना शुरू हई है तब से एक लाख दस हजार करोड़ रूपये से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं और यही तो गुड गवर्नेस है यही तो गुड गवर्नेस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है

कोई कमीशन नहीं कोई कट नहीं कोई हेराफेरी नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज ना हो राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरीफिकेशन के बाद इस घ्यवस्था का निर्माण हुआ है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नये कृषि कानूनों का विरोध करके अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं

क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती हैं क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है जो आज विपक्ष में हैं उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है क्यों चुप है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी

तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जायेगा इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गये हैं क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है जहां तक एमएसपी का सवाल है हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है नहीं नहीं अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई मार्केट बहुत शानदार हो गया जो एग्रिमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एग्रिमेंट वालों को मिल रहा है अगर ऐसा होता है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के लिए बेहतर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है

अटल जी गरीबों के हित में किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोज मांगते थे दिल्ली से जिस गरीब के लिए रूपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ढाई वर्ष में दस करोड़ किसानों के बैंक खातों में पंचानवे हजार करोड़ रूपये सीधे अंतरित किए हैं

बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि से किसानों को बहुत फायदा होगा बाईट नरेन्द्र सिंह तोमर एक लाख करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है ये पंजाब शायद थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कही नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्यागकर सरकार में वार्ता का निमंत्रण दिया है वार्ता पर आएं और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे नए कानून के मर्म को समझेंगे नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की अग्रसर होंगे श्री तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें और सरकार के साथ बातचीत को आगे आएं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए केन्द्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह निर्मला सीतारामन पीयूष गोयल हरदीप सिंह पुरी डॉक्टर हर्षवर्धन तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला समेत अनेक गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर प्रष्पांजलि अर्पित की प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पार्टी वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी समेत अन्य नेताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यो को हमेशा याद किया जाता रहेगा बेगूसराय में आयोजित समारोह में केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाग लिया द्रनियाभर में आज क्रिसमस का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री रंग बिरंगे कागज के सितारों और फूलों के हार से अपने घरों को सजाते हैं तथा उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं कोरोना महामारी को देखते हुए श्रद्धालू एहतियात बरत रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्रिसमस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि क्रिसमस का त्यौहार विश्वशांति लेकर आएगा और इससे मानव समुदाय में सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलेगी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए लोगों से इस साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने को कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और सिद्धांत विश्व के लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करता है अरूणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाईटेड के छह विधायक भाजपा में शामिल हो गये मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाईटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले पर कल और सताईस दिसम्बर को पटना में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी श्री कुमार ने कहा कि छह विधायकों का अलग हो जाना बड़ी बात नही है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होगा श्री प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि भाजपा जब मंत्रिमंडल विस्तार चाहेगी तब हो जायेगा राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने और दिन में धूप खिलने से लोग ठंड से राहत महसूस कर रहे हैं धूप निकलने की वजह से दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा तो रात का तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस कम होने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने कहा कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना नहीं है

तीन दिनों से जारी हड़ताल के कारण ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं पर असर पड़ा है साथ ही मरीजों के ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे हैं जूनियर डॉक्टर अपना स्टाईपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर तेईस दिसम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं इस बीच कोन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार ने राज्य के हित में चिकित्सकों से काम पर वापस लौटने की अपील की है करोड़ों रूपये के सुजन घोटाले मामले में भागलपुर के जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने कोतवाली थाना में तीन बैंकों के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है प्राप्त जानकारी के अनुसार गबन के मामले में बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के वैसे कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है जिनपर सौ करोड़ रूपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला प्रसाद का देर रात निधन हो गया पटना के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पटना के नागेश्वर कॉलोनी स्थित आवास पर रखा गया है केन्द्रीय मंत्री की मां का अंतिम संस्कार कल पटना के दीघा घाट पर किया जायेगा राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विमला प्रसाद की निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों और यात्रियों की सुविधा के लिए चार जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल और तीन जोड़ी मेमू ट्रेन का परिचालन किया जायेगा राज्य के प्रमुख शहरों के बीच कल से अगले आदेश तक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा पाटलिपुत्रा नरकटियागंज मुजफ्फरपुर नरकटियागंज राजगीर दानापुर और धनबाद रांची स्पेशल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जायेगी इसके अलावा समस्तीपुर कटिहार सोनपुर छपरा और रक्सौल दरभंगा मेमू ट्रेन का परिचालन किया जायेगा पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त ट्रेन रिजर्व रखे जायेंगे बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड बीएसईबी ने बारहवीं की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है बोर्ड परीक्षा एक फरवरी से शुरू होकर तेरह फरवरी तक चलेगी पहले यह परीक्षा दो फरवरी से शुरू होने वाली थी बोर्ड के वेबसाइट से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है रोहतास जिले के राजप्र अंचल कार्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों के दो राइफल और कारतूस गायब होने के मामले में आठ होमगार्ड जवानों को गिरफ्तार किया गया

जमुई जिले के चकाई और चरका पत्थर थाना क्षेत्र से दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया नक्सलियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किये गये छपरा में दो आभूषण द्रकानों का शटर तोड़कर बीस लाख रूपये के गहने चोरी कर लिये गये कटिहार नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला में अवैध तरीके से रह रहे गिरफ्तार पांच अफगानी नागरिकों को पटना से आयी विशेष टीम रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है